इस बीच नामांकन को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं कल से शुरू हो रही नामांकन प्रक्रिया के मद्देनजर हरिद्वार के जिला निर्वाचन अधिकारी दीपक रावत ने कलैक्ट्रेट भवन रोशनाबाद का निरीक्षण किया जिलाधिकारी दीपक रावत ने कहा कि निरीक्षण के दौरान कई कमियां पाई गई है जिनको सुधारने के आदेश अधिकारियों को दिये गए हैं

जुलूस रैली और जन सभा की रिकार्डिंग की जाएगी उन्होंने बताया कि किसी भी प्रकार से आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन पाये जाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी हरिद्वार के एसएसपी जन्मेजय खंडूड़ी ने बताया कि नामांकन के दौरान पूरे क्षेत्र में सीसीटीवी से नजर रखी जाएगी नामाकन के दौरान कोई दिक्कत ना आये इसके लिए भारी पुलिस बल को तैनात किया गया है

देहरादून के डोईवाला में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की मौजूदगी में कांग्रेस के एक दर्जन से अधिक पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की भाजपा की ओर से आयोजित जनसभा में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कांग्रेस से भाजपा में शामिल हुए कार्यकर्ताओं का स्वागत किया उन्होंने कहा कि जल्द ही लोकसभा चुनाव के प्रत्याशियों की घोषणा कर दी जाएगी वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की रैली पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राहुल गांधी बेरंग फूल की तरह हैं जिनमें कोई रंग ही नहीं है मनीष खंड्री के कांग्रेस में शामिल होने पर मुख्यमंत्री ने कहा कि मनीष खंड्री कभी भी भारतीय जनता पार्टी के सदस्य नहीं रहे

दोनों ही दलों में दल बदल का दौर भी जारी है कांग्रेस के उत्तराखंड प्रदेश प्रभारी अनुग्रह नारायण सिंह और प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह देहरादून में पत्रकारों से वार्ता करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की रैली को बेहद सफल बताया इस दौरान भाजपा और दूसरे दलों के कार्यकर्ता कांग्रेस में शामिल हुए लोकसभा चुनाव के लिए देहरादून में कांग्रेस की परिवर्तन रैली में राहुल गांधी को सुनने के लिए बड़ी संख्या में युवा और महिलायें पहंची थी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने कहा कि राहल गांधी की रैली में शामिल होने आये युवा और महिलाओं ने साफ संदेश दे दिया है कि अब वह किसी की बातों में नहीं आने वाले उधर कांग्रेस अध्यक्ष प्रीतम सिंह के बयान पर भाजपा नेता ज्योति प्रसाद गैरोला ने कटाक्ष करते हुए कहा कि कांग्रेस केवल भ्रम की राजनीति करती है उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने परेड ग्राउंड में खड़े होकर वीर सैनिकों का अपमान किया उन्होंने कहा कि कांग्रेस के दोहरे चरित्र को जनता पहचान गई है और चुनाव में जनता कांग्रेस को इसका एहसास भी करा देगी

दोनों दलों ने हल्द्वानी में साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राजेश दुबे को नैनीताल और सुंदर धोनी को अल्मोड़ा सीट से प्रत्याशी बनाए जाने की जानकारी दी कुमाऊं मंडल प्रभारी अकीलुर रहमान ने दोनों प्रत्याशियों की घोषणा की उन्होंने कहा कि सपा और बसपा का गठबंधन कांग्रेस और भाजपा के प्रत्याशियों पर भारी पड़ेगा उन्होंने केंद्र सरकार पर विभिन्न मुददों को लेकर निशाना भी साधा उन्होंने दावा किया कि जनता अब तीसरे विकल्प के रूप में सपा और बसपा के गठबंधन से उम्मीद लगाए हए है स्लग राज्यपाल दीक्षांत समारोह राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने कहा है कि उत्तराखण्ड में आयुष चिकित्सा पद्धति को आधुनिक चिकित्सा विज्ञान के साथ विकसित करते हुए समग्र उपचार की विश्व स्तर की परंपरा स्थापित करने की अपार संभावना है कल जॉलीग्रांट स्थित निजी विश्वविद्यालय के तीसरे दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हए राज्यपाल ने कहा कि चिकित्सा सर्वसुलभ होनी चाहिए विश्वविद्यालय को सस्ते उपचार और ग्रामीण स्वास्थ्य के क्षेत्र मे शोधकार्य करने चाहिए पर्वतीय क्षेत्र में डाक्टरों की कमी का उल्लेख करते हए राज्यपाल ने युवा चिकित्सकों को समाज और राष्ट्र सेवा के लिए आगे आने को कहा उन्होंने मेडिकल पैरामेडिकल और नर्सिंग के छात्र छात्राओं को मरीजों से मित्रवत व्यवहार करने की सलाह दी

चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों के अनुसार डिजिटल मीडिया जैसे टेलीविजन निजी एफएम चैनलों सहित रेडियो ई पेपर सिनेमा हॉल बल्क एसएमएस और सोशल मीडिया आदि में प्रसारित किए जाने वाले किसी भी प्रकार के राजनैतिक विज्ञापनों का पूर्व सर्टिफिकेशन आवश्यक है विज्ञापनों के प्री सर्टिफिकेशन के लिए आवेदन को निर्धारित प्रारूप में राज्य स्तर पर गठित एम सी एम सी कार्यालय और जिलास्तरीय एम सी एम सी कार्यालय में जमा कराया जा सकता है

आपत्तिजनक कन्टेंट पाए जाने पर समिति को आवेदन को निरस्त करने का अधिकार है

कार्यक्रम में मुख्य विषय इन्टरेक्टिव सेशन नैतिक मतदान मतदाता जागरूकता शहरी प्रवृत्ति धारणा सुगम निर्वाचन और प्रथम बार मतदाता बनने की महत्ता आदि होंगे इस दौरान मतदान में आने वाली बाधाएं और उन्हें दूर करने के उपाय पर विचार विमर्श भी किया जायेगा साथ ही दिव्यांग मतदाताओं को दी जाने वाली सुविधाओं और व्यवस्थाओं के संबंध में भी चर्चा की जायेगी स्लग खड़ी होली गायन चंपावत जिले सहित कुमाऊं के विभिन्न क्षेत्रों में खड़ी होली का गायन शुरू हो गया है जिले के लोहाघाट रामलीला मैदान में हर वर्ष की तरह इस बार भी होली रंग महोत्सव का आयोजन किया गया जिसमें विभिन्न गांवों की होली टीमों ने प्रतिभाग किया खड़ी होली में एक तरफ महिलाएं तो दूसरी तरफ पुरूषों ने ढोल की थाप और झांझर की झनकार के साथ होली गायन किया होली रंग महोत्सव के जरिए आपसी भाईचारे को बढ़ावा देने के साथ ही विलुप्त होती परम्पराओ के संरक्षण और संवर्धन तथा लोगों को नशामुक्त रहने का संदेश भी दिया जा रहा है कुमाऊं में बसंत से ही होली गायन शुरू हो जाता है लेकिन मुख्य रूप से एकादशी को चिर आरोहण के साथ इसकी शुरुआत होती है पुरुष और महिलाएं एकल या सामूहिक रूप से होली का गायन करते हैं इनमें वैदन्ति राधाकृष्ण प्रेम रामायण महाभारत से सम्बंधित होलियों का गायन शामिल है काली कुमाऊँ की प्रसिद्ध होली के नाम से विख्यात चम्पावत जिले की खड़ी होली शास्त्रीय संगीत की विधाओं और राग फाग पर आधारित होती है इसकी शुरुआत धार्मिक गायन से की जाती है और जैसे जैसे होली का रंग चढ़ने लगता है गायन श्रंगार रस में बदल जाता है

वहीं राजधानी देहरादून में भी कुमाऊंनी होली के रंग खूब नजर आ रहे हैं वित्त प्रकाश पंत के आवास पर देहरादून में कुमाऊंनी होली पारंपरिक ढंग से मनाई गई